फ्रांस की कम्पनी को दी गयी जिम्मेदारी

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने पटना में एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि इसके लिए पंचायती राज प्रतिनिधियों की स्वास्थ्य विभाग मदद लेगा

श्री पांडेय ने कहा कि सरकारी अस्पतालों के साथ साथ आयुष्मान भारत और सीजीएचएस से जुड़े निजी अस्पतालों में भी टीकारण की व्यवस्था की गयी है उन्होंने कहा कि बिहार में टीकाकरण के साथ साथ कोरोना की जांच भी लगातार जारी है राज्य में प्रति दस लाख की आबादी पर जांच की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है

ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में कहा कि फ्रांस की एक कंपनी को इसकी जिम्मेदारी दी गयी है उन्होंने बताया कि यह कम्पनी छह साल तक मीटरों का रखरखाव भी करेगी ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इस प्रकार की बिजली मीटरों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बिजली बिल पर तीन प्रतिशत छूट देने का फैसला किया है जो आगामी एक अप्रैल से प्रभावी होगा उन्होंने कहा कि राजगीर और बोधगया में सोलर ऊर्जा से बिजली आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने के प्रयास किये जा रहे हैं श्री यादव ने कहा कि जून दो हजार तेईस से इन दोनों शहरों में हरित ऊर्जा से ही बिजली की आपूर्ति की जायेगी उन्होंने कहा कि अगले साल मार्च महीने तक राज्य के सभी किसानों को सिंचाई के लिए बिजली कनेक्शन उपलब्ध करा दिया जायेगा उन्होंने बताया कि अब तक तीन लाख से अधिक किसानों को सिंचाई के लिए बिजली कनेक्शन दिये जा चुके हैं मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन मंत्री सुनील क्मार ने कहा है कि अब जिस मकान में शराब की खेप बरामद होगी उसमें सरकार जरूरत के अनुसार पुलिस थाना खोलेगी विधानसभा में विभागीय बजट की मांग पर चर्चा में भाग लेते हुये मंत्री ने कहा कि पटना से इसकी शुरूआत हो चुकी है

उन्होंने बताया कि लापरवाह माने गये साठ थाना प्रभारियों की पहचान की गयी है जिन्हें अब अगले दस साल तक किसी भी थाने की कमान नहीं सौंपी जायेगी वन और पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने कहा है कि प्रदेश में अवैध रूप से चल रहे ईंट भट्ठा और आरा मशीनों को बंद किया जायेगा विधान परिषद में विभागीय बजट पर चर्चा के बाद सरकार की ओर से उत्तर देते हुये उन्होंने कहा कि सभी चिमनी को नई तकनीक से लैस किया जा रहा है उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि अनुसूचित जाति जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना तथा मुख्यमंत्री युवा और महिला उद्यमी योजना के लाभूकों को सरकार तीन की जगह दो किस्तों में अनुदान राशि देने पर विचार कर रही है विधान परिषद में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में श्री हुसैन ने कहा कि इसे लेकर जल्द ही फैसला किया जायेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रदेश में इथेनॉल उत्पादन के लिए जल्द ही प्रोत्साहन नीति लायी जायेगी उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि गन्ना और मक्का से राज्य में इथेनॉल उत्पादन की काफी सम्भावनाएं हैं उन्होंने अधिकारियों को नई नीति के अन्तर्गत ईंधन ग्रेड इथेनॉल बनाने वाली इकाईयों को ही शामिल करने का निर्देश दिया श्री कुमार ने अधिकारियों को ओडिशा में अपना बंदरगाह बनाने के लिए विशेषज्ञों से राय लेने को भी कहा केन्द्र सरकार ने मल्लाह जाति को अनुसूचित जाति एससी की सूची में शामिल करने के बिहार सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि बिंद जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने के प्रस्ताव का भी रजिस्ट्रार जनरल ने समर्थन नहीं किया है इधर राज्य के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने केन्द्र के इस फैसले पर आपत्ति जतायी है उन्होंने कहा कि मल्लाह जाति सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक द्रष्टि से इस सुविधा की हकदार है पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा है कि पुलिस नियुक्ति प्रक्रिया में ट्रांसजेंडर यानि किन्नर समुदाय को आरक्षण दिया गया लेकिन अन्य सरकारी नौकरियों में यह व्यवस्था क्यों नहीं लागू की गयी है एक याचिका पर सुनवाई करते हये मूख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीड ने सरकार से इस मामले में चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है प्रदेश में अब तक दस लाख सतासी हजार नौ सौ चौवन लोगों को कोविड के टीके दिये जा चूके हैं इनमें से आठ लाख बावन हजार आठ सौ पंचानवे लोगों को टीके की पहली डोज जबकि दो लाख पैंतीस हजार उनसठ लोगों को दूसरी डोज दी गयी है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार किसी भी लाभार्थी के स्वास्थ्य पर टीके का गम्भीर प्रतिकूल असर नहीं दिखा है इधर विभाग ने पटना में बावन और स्थानों पर आज से टीका देने का फैसला किया है पटना में अब टीका केन्द्रों की संख्या एक सौ सतावन हो गयी है विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि शुक्रवार को वरिष्ठ नागरिकों के टीकाकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जायेगा प्रदेश में कोविड मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है वर्तमान में सात जिले अररिया अरवल जहानाबाद कैमूर लखीसराय पूर्णियां और शिवहर में कोरोना का एक भी सक्रिय मामला नहीं है वहीं छब्बीस जिलों में कोविड मरीजों की संख्या दस से कम है सबसे अधिक एक सौ चौवाली मरीज पटना के हैं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान तैंतीस मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख साठ हजार नौ सौ पचहत्तर हो गयी है स्वस्थ होने की दर निन्यानवे दशमलव तीन प्रतिशत है पिछले चौबीस घंटों के दौरान राज्य में कोरोना से एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है वहीं कल पन्द्रह जिलों से इकतालीस नये मामलों की पुष्टि हुई सबसे अधिक उन्नीस पॉजिटिव मामले पटना से सामने आये हैं गया जिले की एक अदालत ने चर्चित सोनाडीह सामूहिक दुष्कर्म मामले में नौ आरोपियों को दोषी करार दिया है अपर जिला और सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार ने साक्ष्य के अभाव में चार आरोपियों को रिहा कर दिया सजा के बिंदु पर बारह मार्च को सुनवाई होगी गौरतलब है कि वर्ष दो हजार अठारह के जून महीने में दोषियों ने मां बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था इस मामले में दो आरोपियों के खिलाफ जुवेनाईल कोर्ट में मामला चल रहा है वहीं मुजफ्फरपुर जिले की एक पॉक्सो अदालत ने नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के दोषी सुजीत कुमार को जीवनभर कारावास की सजा सुनाई है दूसरी तरफ पटना जिले की एक अदालत ने एक नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी और दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में दोषी धीरज कुमार को तीन वर्ष कारावास और दस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है इंटरमीडिएट परीक्षा की कॉपियों के मूल्यांकन से अनूपस्थित रहने वाले शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज होगी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश निर्गत किया है वैशाली जिले के कटहरा ओपी में एक युवक की मौत के मामले में थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है दो दिन पहले पिता को पीटने के आरोप में युवक को हिरासत में लिया गया था

हिन्दुस्तान ने लिखा है मृत डॉक्टर की सिविल सर्जन पद पर तैनाती विधानमंडल गरमाया दैनिक भास्कर की सुर्खी है महिला दिवस पर महिलाओं को टीका देने में बिहार देश में टॉप पर दैनिक जागरण ने लिखा है सरकारी कर्मचारियों को जुलाई से मिलेगा डीए का पूरा लाभ प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुये लिखा है इथेनॉल उद्योग स्थापित होने से बढ़ेगा औद्योगीकरण दैनिक आज की सुर्खी है शिक्षा मंत्री ने कहा तीस हजार शिक्षकों की नियुक्ति जल्द राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है उत्तराखंड के सीएम त्रिवेन्द्र सिंह रावत का इस्तीफा

फ्रांस की कम्पनी को दी गयी जिम्मेदारी